इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्रों के संचालकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है प्रधानमंत्री ने कहा कि जनऔषधि केन्द्रों पर उपलब्ध दवाइयां पूरी तरह सुरक्षित हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकारी अस्प तालों और डॉक्टरों से जेनरिक दवाइयां लिखने को कहा गया है

राजाभोज विमानतल से श्री शेरा सीधे मुख्यमंत्री आवास पहंचे जहां उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात चैल रही है श्री शेरा उन चार विधायकों में से एक हैं जो तीन दिन पहले लापता हो गये थे कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के तीन विधायकों बिसाहु लाल रघुराज कंसाना हरदीप सिंह डंग के साथ ही श्री शेरा को भाजपा द्वारा कर्नाटक में किसी स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया है इस बीच शहडोल जिले के व्योहारी से भाजपा विधायक शरद कोल के पिता जुगलाल कोल ने आरोप लगाया है कि शरद कोल गुरूवार रात से गायब हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है वे जल्द ही इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराएंगे

इस दौरान वे डायरेक्टर्स रिट्रीट का शुभारंभ भी करेंगे स्थानीय मानस भवन में आयोजित इस कार्यकम में राज्यपाल लालजी टंडन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे

इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र में कल आयोजित किये गये कार्यक्रम में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर बताये गये कार्यकम की मुख्य अतिथि सब इंस्पेक्टर संगीता शर्मा ने हेल्प लाईन की जानकारी देते हुए महिलाओं के विशेष कानूनों को बारे में बताया तथा बालिकाओं को भविष्य को लेकर मार्गदर्शन किया उधर शिवपुरी जिले में कल से महिला स्वास्थ्य माह शुरू हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं को उनकी सेहत के प्रति जागरूक किया जाएगा वहीं गुना जिले में आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह शुरू हुआ उमरिया खंडवा उज्जैन भिण्ड मुरैना में भी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा रिसार्ट कार्यवाही उमरिया जिले के बांधवगढ स्थित भाजपा विधायक संजय पाठक के रिसार्ट के समिप बने गेट और सजावट के अन्य सामानों को जिला प्रशासन ने हटा दिया मानपुर तहसीलदार विनयमुर्ती शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि श्री पाठक द्वारा राजस्व विभाग की भूमि पर ँ अवैध कब्जा किया गया था जिसे कलेक्टर की उपस्थिति में हटाया गया मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है

मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर हालात का जायजा लेने के लिये आज प्रभावित गांवो का दौरा किया उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाएगा उधर दतिया जिले के सेमड़ा और भांडेर क्षेत्र में कल रात तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे सीघी शहडोल जिले में भी मौसम बिगड़ने से दलहनी फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है उधर धार जिले में आज हुई बुंदाबादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है अशोकनगर जिले में बीती रात बारिश के बाद आज सुबह घना कोहरा छाया रहा मौसम विभाग ने होली के बाद मालवा निमाड़ छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाने और बारिश का अनुमान जताया है

कटनी में कल कोरोना वायरस को लेकर मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई

मंडला जिले के हृदय नगर में चल रहे पशु मेले में बड़ी संख्या में व्यवसायी और ग्रामीण पहुंच रहे हैं